चमोली जिले के सीमांत गांव घेस और हिमनी में डिजिटल सेवा शुरू

इससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली तपेदिक उन्मूलन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया

श्री मोदी ने कहा कि बीमारियों को खत्म करने के लिये नई पहल की गयी है बजट राशि भी बढ़ाई गयी है प्रधानमंत्री ने कहा कि तपेदिक की रोकथाम के प्रयासों की सफलता के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं श्री मोदी ने कहा कि देश से टीबी को खत्म करने में राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने मिशन में शामिल होने के लिये सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं जिससे सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी

दुर्घटना आज सुबह करीब नौ बजे की है जब सवारियों को लेकर जाती हुई बस कालीधार मुहाना के समीप टोटाम में गहरी खाई में जा गिरी जिला प्रशासन सहित एसडीआरएफ और पुलिस बल ने राहत बचाव कार्य चलाकर घायलों को बाहर निकाला

जबकि अन्य घायलों का संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में इलाज चल रहा है द्र्घटनाग्रस्त बस देघाट से रामनगर की ओर जा रही थी अल्मोड़ा की जिलाधिकारी ने बताया कि द्र्घटना के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है लेकिन वाहन का अधिक गति से चलना और एक अन्य वाहन को बचाने के चक्कर में दुर्घटना का होना हादसे का कारण बताया जा रहा है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दुर्घटना पर गेहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने हादसे में प्रभावित लोगें के लिए अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिये है भूस्खलन बागेश्वर की तहसील कपकोट के कुॅवारी गांव में हो रहे भूस्खलन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को लेकर जिलाधिकारी ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने प्रभावितों के लिए आटा चावल तथा अन्य राहत सामग्री की तत्काल आपूर्ति करने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने आपदा प्रबन्धन अधिकारी को प्रभावितों के ठहरने के लिए टैण्ट पालीथिन सीट और लाईट व्यवस्था के लिए सोलर लाईट और सर्च लाईट की तत्काल व्यवस्था करने को कहा है उधर भूवैज्ञानिकों की टीम प्रभावित क्षेत्र के लिए आज रवाना हो चुकी है

जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को प्रभावित ग्राम का भ्रमण कर भूस्खलन से कृषि भूमि को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आंकलन तैयार करने के निर्देश दिये हैं

नये शुल्क से लगभग पच्चीस करोड़ खाताधारकों को फायदा पहुंचेगा और इसे अगले महीने की पहली तारीख से लागू किया जाएगा आधार आम जनता के लिए आधार से जुड़ी राहत की खबर आई है सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सेवाओं से लिंक कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है कोर्ट ने कहा जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग अनिवार्य नहीं है यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार को लिंक कराने से जुड़े मामले पर फैसला नहीं देती तब तक आधार को लिंक कराने की जरूरत नहीं है

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम जनता को काफी राहत मिलेगी वीड़ियो कांफ्रेंसिंग चमोली जिले में देवाल ब्लाक के सीमांत गांव घेस और हिमनी में डिजिटल सेवा की शुरूआत हो गई है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून से वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राजकीय इन्टर कॉलेज घेस और जूनियर हाई स्कूल हिमनी के बच्चों से सीधे बात कर इंटरनेट सेवा का शुभारभ किया

मुख्यमंत्री की पहल पर घेस और हिमनी के स्कूलों में के यान पोर्टेबल मल्टीफंक्शनल डिवाईस भेजी गई है यह डिवाईस इन्टरनेट से कनेक्ट होकर वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा देती है इसके माध्यम से बाहरी केन्द्रों से शिक्षक घेस और हिमनी के बच्चों को पढ़ा सकते है इस डिवाईस में एनसीईआरटी द्वारा पहले से तैयार की हई रिकॉर्डेड शिक्षण सामग्री मौजूद है जिसे कक्षाओं के समय या कक्षाओं के बाद आवश्यकतानुसार बच्चों को दिखाया जा सकता है मृख्यमंत्री ने कहा कि इस डिवाइस की मदद से बच्चे अपने गांव में किसानों की मदद कर सकते हैं घेस और हिमनी दोनों ही गांव के इन स्कूलों में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उपलब्ध करायी जा रही है आकाशवाणी समाचार के लिए देहरादून से संजीव सुन्द्रियाल वीड़ियो कांफ्रेंसिंग जारी बच्चों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन महीने के भीतर इस सीमान्त गांव में बिजली आपूर्ति भी बहाल कर दी जायेगी उन्होंने इसके लिये ऊर्जा विभाग को निर्देशित किया है

श्री रावत ने कहा कि शीघ्र ही सरकार द्वारा इन गांवों में शहद उत्पादन और विपणन के लिये विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध करायी जायेगी

यह कार्यशाला एसोचौम द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के सहयोग से आयोजित की गई थी कार्याशाला को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कृषि विशेषज्ञों को खेती के नए तौर तरीकों एवं तकनीक के प्रति किसानों में विश्वास जगाना होगा

उन्होंने कहा कि खेती को सुव्यवस्थित व्यवसाय की शक्ल देने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए एग्रो बिजनेस कंसोर्टियम स्थापित किए जाने की आवश्यकता है

इस मौके पर कृषि एंव उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि रोज्य में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है उन्होंने उत्तराखण्ड से पलायन को रोकेने के लिए कृषि पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत बताई

गौरतलब है कि मनीष रावत पहले भी रिओ ओलपिंक और वर्ल्ड एथलेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं वनाग्नि बागेश्वर जिले में जंगलों के जलने का सिलसिला थम नहीं रहा है तीनों ब्लॉकों के कई जंगल आग की चपेट में हैं इससे वन संपदा को नुकसान हो रहा है और पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है शहर से पांच किलोमीटर की दूरी पर कुकुड़ामाई के जंगल कल पूरी रात जलते रहे इससे कीमती लकड़ियां चारा आदि जलकर खाक हो गया है इसके अलावा ब्लॉक के गिरेछीना कठप्रड़ियाछीना मनकोट आदि के जंगल भी रह रह कर जल रहे हैं वनाग्नि के कारण पूरे नगर में धूंआ छाया है निःशुल्क प्रशिक्षण प्रधानमंत्री स्वरोजगार कौशल विकास योजना के तहत चमोली में जिले के द्रस्थ क्षेत्रों से आए प्रशिक्षणार्थी इन दिनों प्रसार प्रशिक्षण केंद्र में निःशुल्क प्रशिक्षण ले रहे हैं तीन महीने की अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को होटल मैनेजमेंट कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं

उन्होंने युवाओं की रुचि को देखते हुए आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ाने की बात भी कही उन्होंने बताया कि तीन महीने के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को होटल मैनेजेंट की कई बारीकियां सिखाई जाएंगी इस दौरान सभी युवाओं को रहने और खाने की सुविधा भी दी जा रही है